प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल षाम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लॉकडाउन में दी गई छूट पर राज्य की स्थिति की जानकारी ली मुख्यमंत्री ने बताया कि दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के विद्यार्थी वापसी के लिए कंट्रोल रूम में संपर्क कर रहे हैं इधर झारखंड के मंत्रियों के साथ रांची में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना से निपटने और जरूरतमंद लोगों तक राहत पहुंचाने की रणनीति पर चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कृछ सेवाओं को सषर्त छूट दी गई है और नियमों का पालन नहीं करने पर छूट वापस ले ली जायेगी श्री सोरेन ने कहा कि गृह मंत्रालय की ओर से जारी गाईडलाइन के तहत झारखंड में रियायत दी जा रही है लेकिन राज्य सरकार इसकी समीक्षा कर उचित कदम उठायेगी

स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने नई दिल्ली में बताया कि लॉकडाउन लागू होने से पहले कोरोना के मरीजों की संख्या लगभग साढ़े तीन दिन में दोगुनी हो रही थी लेकिन अब स्थिति में सुधार हुआ है

गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार का उल्लघंन होने पर राज्य सरकारों के साथ चर्चा कर उपयुक्त कदम उठाए जा रहे हैं गृह मंत्रालय ने राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत राज्यों के लिए लॉकडाउन दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करवाना अनिवार्य है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

राजधानी रांची में कल इंडियन मेडिकल एसोषिएसन आईएमए रांची षाखा की बैठक में इस पर सहमति बनी आईएमए के अधिकारियों ने कहा कि निजी अस्पतालों और क्लिनीकों में ओपीडी का संचालन करते वक्त सोषल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए अस्पताल प्रबंधनों को निर्देष दिया गया कि जो मरीज और उनके परिजन मास्क पहन कर आएंगे उनको ही प्रवेष दिया जाए लॉकडाउन में मिली छूट के बाद रांची सहित कई जिलों की फैक्ट्रियां आज से खुल जायेगी इसे लेकर रांची के समहारणालय सभागार में कल अधिकारियों और व्यवसायीयों की बैठक हुई इस दौरान टाटिसिलवे इंडस्ट्रियल एरिया नामकुम कोकर तुपूदाना इंडस्ट्रियल एरिया और नगर निगम के बाहर स्थित फैक्ट्रियों को खोलने के लिए आवष्यक षत्रों के साथ आदेष दिया गया इस दौरान अपर जिलादंडाधिकारी अखिलेष कुमार सिन्हा ने बताया कि सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मनरेगा के तहत कार्य षुरू किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला और माइनिंग से जुड़े कार्य भी षुरू किये जा सकते हैं

रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने हमारी संवाददाता को बताया कि रांची के हिंदपीढ़ी इलाके से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद कांटेक्ट ट्रेसिंग के जरिये अधिक लोगों की जांच संभव हो सकेगी झारखंड में मरीजो की बढ़ती संख्या को देखते हुए और ज्यादा जांच की जरुरत थी चौथे टेस्टिंग सेंटर के शुरू होने के साथ ही जांच की प्रक्रिया में तेजी आने की उम्मीद है वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए कोडरमा जिला प्रशासन की ओर से जरूरी कदम उठाये जा रहे हैं इसे लेकर उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई

राज्य में कोरोना का पहला पॉजिटिव मामला मलेशिया के एक नागरिक में मिला था जिसने दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज में हिस्सा ली थी लेकिन अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई रांची और सिमडेगा के एक एक और हजारीबाग के दो अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है इन सभी रोगियों को विशेष निगरानी वार्डो में रखा गया था इस बीच कल झारखंड में कोरोना के चार नये मामले सामने आये हैं कल रांची बोकारो देवघर और हजारीबाग से एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

बोकारो के उपायुक्त मुकेष कुमार ने बताया कि बोकारो में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दस हो गई है उधर देवघर की उपायुक्त नैसी सहाय ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव मरीज की स्थिति स्थिर बनी हई है जिले में एहतियात के तौर पर चेक पोस्ट और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ती की गई है

गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से लॉकडाउन संबंधी संशोधित दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने की अपील की है मंत्रालय ने पत्र में कहा है कि क्छ राज्य ऐसे कार्यो की अनुमति दे रहे हैं जो गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में नहीं दिए गए हैं

कोरोना के इलाज से सीधे तौर पर जुड़े स्वास्थ्यकर्मियों पर हिंसा परस्पर सुरक्षित दूरी के पूरी तरह से उल्लंघन और शहरी क्षेत्रों में वाहनों की आवाजाही की घटनाएं हई हैं

ये टीमें दिशा निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन के अनुपालन आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखने इलाज की तैयारी स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा और कामगारों तथा गरीबों के लिए राहत शिविरों की शर्तों पर ध्यान केंद्रित करेंगी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ढाबों और ट्रकों की जानकारी देने के लिए एक डैशबोर्ड की श्रुआत की है

मंत्रालय का कहना है कि इसका उद्देश्य ट्रकों माल दुलाई कर रहे चालकों और सफाईकर्मियों के लिए यात्रा को आसान बनाना है इसके लिए संबंधित पक्षों के साथ नियमित रूप से संपर्क रखा जा रहा है

मंत्रालय ने कहा है कि इन केंद्रों पर लोगों को सभी जरूरी एहतियात बरतने होंगे और परस्पर सुरक्षित दूरी बनाए रखते हुए मास्क का उपयोग भी करना होगा चतरा में एक महीने के बाद कल से सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय गुलजार नजर आए रोस्टर के हिसाब से कर्मचारी व अनुसेवक कार्यालय आ रहे हैं

यह परीक्षण विभिन्न अस्पतालों में शुरू किया जा सकता है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की मदद से कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा विकसित औषधि से ग्राम नेगेटिव बेक्टीरियल सैप्सिस से गंभीर रूप से पीडित रोगियों का इलाज किया जा सकता है इस दवा का उत्पादन और इसके शोध परीक्षण परिषद द्वारा गठित निगरानी समिति के निरीक्षण में किये गए थे

यह दवा काफी सुरक्षित पायी गई है और इसके कोई दृष्प्रभाव सामने नहीं आये हैं

लॉकडाउन को दौरान स्वयम पाठ्यक्रमों और स्वयंप्रभा वीडियो की मांग काफी बढ़ी है

आपसी विवाद के कारण चाकूबाजी की ये घटना हुई है पुलिस मामले की छानबीन कर रही है पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है

राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुये हैं जबकि कई स्थानों पर हल्की बारिष हई है मौसम विभाग के निदेशक डॉ एसडी कोटाल ने बताया कि आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिमी मध्य व दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा गरज के साथ वजपात और हल्की बारिश होने की संभावना है

पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झूठा है और रेल मंत्रालय की ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार को कुछ समाचार माध्यमों से खबर मिली है कि उत्तराखंड के चिल्ला रेंज के हाथियों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है यह खबर फर्जी है हमने देहरादून में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में रेजर से इस संबंध में बात की तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ऐसी खबरें झूठी और निराधार हैं

हजारीबाग जिला के दोनों कोरोना संक्रमित मरीजों की तबीयत ठीक हो गई है

हजारीबाग मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पीआरओ डॉ एके सिंह ने इसकी पुष्टि की है